संघ लोकसेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी प्रदीप सिंह बने देश के टॉपर

राज्य में आज एक सौ अंठावन नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जबकि पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ नवासी मरीज मिले हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेरह हजार छह सौ इकहतर पहुंच गई है वहीं अब तक चार हजार आठ सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार सात सौ सताईस पहंच गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में छह संक्रमितों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या एक सौ अठाईस हो गई है नए मिले संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के एक सौ अंठानबे रांची के एक सौ तीस खूंटी के बेरानबे हजारीबाग के नब्बे रामगढ़ के चौवन जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम के इकतालीस इकतालीस साहेबगंज के चौतीस लातेहार के इकतीस गुमला के तेईस सरायकेला के तेरह पाकुड़ के बारह देवघर के नौ बोकारो और पलामु के आठ आठ धनबाद के चार लोहरदगा के एक मरीज शामिल हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस जवान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने सुरक्षाकर्मियों के संक्रमित होने के मामले पर सभी जवानों को सचेत रहने को कहा है उन्होंने कहा कि जवानों की जांच भी तेजी से कराई जा रही है जबकि कई जवान संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं

मृतक बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र का रहनेवाला था उधर द्मका जिले में कोरोना संक्रमण के हर दिन नये मामले सामने आ रहे हैं

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि जिला में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना के साथ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी राज्य भर में पिछले तीन दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर छियालीस हजार छह सौ चौतीस सैम्पल की जांच की गई जिनमें दो हजार तीन सौ चौरानबे नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इस दौरान संक्रमितों के मिलने की दर पांच दशमलव एक तीन प्रतिशत रही है इकतीस जुलाई से दो अगस्त तक चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत सैंतालीस हजार से अधिक सैम्पल जमा किए गए हैं बाकी बचे नमनों की जांच चल रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के चौबीस जिलों में स्पेशल टेस्टिंग अभियान चलाया गया जो आगे भी जारी रहेगा

राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने प्लाज्मा दान करने के लिए मोबाईल नंबर नौ चार सात शुन्य शुन्य आठ छह तीन चार सात पर लोगों से संपर्क करने की अपील की है

वही पुरूष या अविवाहित महिलाएं प्लाज्मा दान कर सकती हैं

यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रा जेनेका ने विकसित की है इससे वैक्सीन के विकास में तेजी आएगी स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर कोरोना संकट के बीच राज्य के लगभग दस हजार अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों ने आज सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है इसके बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अधीन कार्यरत इन अनुबंधकर्मियों की मांगों पर ठोस कार्रवाई का आश्वोसन नहीं देता है तो वे पांच अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चर्ले जाएंगे सांकेतिक हड़ताल पर रहनेवालों में एएनएम जीएनएम लैब तकनीशियन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सक व अन्य अनुबंधकर्मी शामिल हैं वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक रविशंकर श्रक्ला का कहना है कि संघ के साथ बात चल रही है उम्मीद है कि कर्मी हड़ताल वापस ले लेंगे संघ की मुख्य मांगों में स्थायीकरण ओडिशा बिहार हरियाणा आदि राज्यों की तर्ज पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ईपीएफ ईएसआइ तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ तथा कार्य के दौरान अनुबंध कर्मियों की मृत्यू के बाद आश्रित को नौकरी तथा एकमृश्त मुआवजा देना आदि शामिल हैं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

प्रदीप सिंह इंडिया टॉपर बने दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रहीं

हजारीबाग के दिपांकर चौधरी को ब्यालिसवां रैंक हासिल हुआ है और प्रियांक किशोर को एकसठवां रैंक प्राप्त हुआ है

आयोग ने पहले ही प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए क्रमांकवार तिथियां तय कर दी हैं साथ ही नियुक्ति में एकेडिमक उपलधियों तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण कर दिया है

सरकार ग्रामीण विकास विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से एक दृष्टिपत्र तैयार किया है जिसमें गरीबी दूर करने की व्यापक योजना की रूपरेखा तय की गयी है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने पिछले छह वर्ष में सरकार की नीतियों और प्रमुख विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार सजन पर विशेष ध्यान दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निन्यानबे प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर झारखंड का जामताड़ा जिला ने जुलाई महीने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं रामगढ़ जिला को जून महीने में तीसरा स्थान मिला था दोनों महीनों के सूचकांक में देश के शीर्ष पच्चीस जिलों में झारखंड के बारह जिले शामिल हैं केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज डीडी असम चैनल की शुरूआत की उन्होंने कहा कि डीडी असम पूर्वोत्तर का पहला चौबीस घंटे का चैनल होगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित कानूनों में हाल में किये गये संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए सरकार ने हाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति में बदलाव किये थे जिनके अनुसार जिन देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं या निवेश का फायदा लेने वाला ऐसे किसी देश का नागरिक है तो वह भारत सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकता है नई नीति में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या वहां पंजीकृत कोई कंपनी भारत में रक्षा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तभी निवेश कर सकती है जब वह भारत सरकार के माध्यम से ऐसा करें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले पाँच छह वर्षो में सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं इस दौरान केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमो के तहत राज्य में कई सड़कों का निर्माण किया गया और कई सड़कों को चौड़ा किया गया जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं जिनसे प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच की दूरी घटी है इसी तरह श्रीनगर के सिटी सेंटर में रामबाग जहांगीर चौक फ्लाइओवर का काम पूरा कर इसे पिछले वर्ष आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी जिसके पूरा होने से लोगों ने संतोष व्यक्त किया है टोक्यो ओलिम्पिक के लिए चयनित भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज से बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग ले रही है बेंगलूरु में प्रशिक्षण शुरु करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया था

बेंगलूरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशिक्षण की अनुमति इसी शर्त पर दी है कि सभी गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और कर्नाटक राज्य सरकार के क्वारन्टीन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे महिला हॉकी टीम में झारखंड की दो खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे शामिल हैं हजारीबाग स्थित पेलावल के पास सड़क द्र्घटना में आज एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई घटना के संबंध में बताया गया कि एक बाईक पर सवार होकर चार लोग कुसुंभा से कटकमसांडी की ओर जा रहे थे तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए दुर्घटना में पिता पुत्र और पुत्री की मौत हो गई जबकि पत्नी जख्मी है संक्षिप्त खबरें रांची टाटा रोड स्थित डमारी मोड़ के पास कल शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई आसपास के लोगो ने इसकी सूचना बुंडू पुलिस को दी रातू थाना क्षेत्र के हाजी चौक से दलादिली के बीच स्थित रिंग रोड पर कल देर शाम ऑटो पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है रांची स्थित बीआईटी मेसरा में डॉक्टर इन्द्रनील मन्ना को कुलपति नियुक्त किया गया है डॉ मन्ना इससे पहले आई आई टी खड़गपुर में प्रोफेसर रह चुके हैं